वित मंत्री पीसी केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के चौथे पैकेज की घोषणा करते हए कोयला खनिज रक्षा उत्पादन ऊर्जा सहित आठ क्षेत्रों पर फोकस किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर आज चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक मुल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेश बढ़ाने के वास्ते नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म कर वाणिज्यिक खनन की घोषणा की

वित मंत्री ने रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ ही ईज ऑफ ड्इंग बिजसेन पर जोर दिया है एक अहम फैसले में उन्होंने ऑर्डिनेंस को निगमीकृत करने का ऐलान किया है

वित मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया को जरूरी बताया है सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों को बढ़ावा दिया जाएगा निजी कंपनियां इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेंगी नागर विमानन क्षेत्र के लिए अहम घोषणाओं में हवाई अड्डों का पीपीपी मोड पर विश्वस्तरीय विकास करना शामिल है सीएम प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि वित मंत्री निर्मला सीतारमण दवारा आज की गई घोषणाओं से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे औदयोगिक क्षेत्र में ढांचागत सुधार से आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी इन सुधारों से देश कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होगा फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट से निवेश अधिक होगा

सोलर पीवी एडवांस्ड सेल बेटरी जैसे नए चैम्पियन सेक्टर विकसित होंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोयला खनन रक्षा नागरिक उइडयन परमाण् ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं कोयले की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश आत्मनिर्भर होगा उन्होंने कहा कि खनन में किए गए ढांचागत सुधार से इसमें निजी निवेश बढ़ेगा इससे खनन में उत्पादन रोजगार बढ़ेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इससे हमारी रक्षा उपकरणों के लिए द्सरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी एयरस्पेस मैनेजमेंट से नागरिक उड्डयन क्षेत्र की कार्य कुशलता बढ़ेगी

फेक न्यज सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज यानी फर्जी समाचारों पर रोक लगाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी कई दैनिक समाचार पत्रों में अपने छपे लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती हैं और उनके द्वष्परिणाम भी बहत घातक होते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार फेक न्यूज से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय में तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चैक एकांश गठित किया है जो इस तरह की खबरों का तत्काल संज्ञान ले रहा है बीजेपी कांग्रेस प्रदेश भाजपा ने मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज पर वित मंत्री निर्मला सीतारमण दवारा तीसरे चरण में खेती किसानी और पश्पालन के क्षेत्र में की गई घोषणाओं को ब्नियादी ढांचे को मजबूती देने वाला कदम बताया है भाजपा के मीडिया प्रभारी अजेंद्र अजय ने कहा कि केंद्रीय वित मंत्री ने पहले चरण में एमएसएमई और दूसरे चरण में लॉक डाउन के कारण प्रभावित प्रवासी मजदूरों को लेकर व्यापक घोषणाएं की हैं तीसरे चरण में वित्त मंत्री ने कृषि पश्पालन डेयरी और संबद्ध गतिविधियों पर केंद्रित घोषणाओं में खेती और किसानी को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित किया है उधर उतराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुर्यकांत धस्माना ने राज्य के मुख्य सचिव से उत्तरप्रदेश बिहार और राजस्थान जाने के इच्छुक मजदूरों के लिए तत्काल विशेष ट्रेन देहराद्न हरिद्वार और उधमसिंह नगर से शुरू करने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे यह साबित हो रहा है कि होम क्वारंटीन नीति सफल नहीं हो रही है

कोविड नियंत्रण बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों का उन्हीं के गृह जिलों में थर्मल स्क्रीनिंग कराने का आदेश दिया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करवाया जाए मास्क का इस्तेमाल न करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माने की कारवाई की जाए म्ख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के जो श्रमिक उतराखण्ड में हैं अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो सम्बन्धित राज्यों से जो वाहन आ रहे हैं उन्हीं में उनको भेजने की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कन्ट्रोल रूम और आईटी सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आए प्रवासियों को राशन किट वितरित करने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं

इनमें से एक महाराष्ट्र से लौटा है और दूसरा गुरुग्राम से

उधर उत्तरकाशी में एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मिले यूवक की जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आयी है जिले के वार रूम से यह जानकारी मिली है

होम क्वारंटीन पौड़ी पौड़ी जिले की थलीसैंण तहसील के सीमांत गांव डडोली मल्ली में बड़ी संख्या में शहरों से लोग लौटे हैं

इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है ऐसे में ग्राम प्रधानों पर उनके क्षेत्र में बाहर से आये लोगों की निगरानी करने की जिम्मेदारी बढ़ी है

इस बीच जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि होम क्वारंटीन किये गए व्यक्तियों की व्यापक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है